आयोग की पूर्ण पीठ के साथ जयपुर आये श्री रावत ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग ने इवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच पूरी तरह कर ली है और इसमें किसी भी तरह की छेडछाड नहीं की जा सकती

आज नागौर में किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का दाम सही मिलने लगा है उन्होंने कहा कि किसानों को लाइन में लगे बिना यूरिया भी समय पर मिल रहा है उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में यूरिया ब्लैक में मिलता था और अकाल राहत का पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पाता था

इसकी शुरूआत आकाशवाणी की महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने की बाद में सुश्री जोशी ने रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रदेश के पांच जिलों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत चलाये जाने वाले जन जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

जगह जगह यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए भटकना पड़ा जयपुर में लोफ्लोर बसें नहीं चलने से निजी बसों में यात्रियों की भारी भीड़ रही

बूंदी जिले के झाड़ गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गयी और एक घायल हो गया चित्तौडगढ जिले के भादसोडा क्षेत्र में आज सुबह चलते टैम्पो से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई बूंदी जिले के रामगंज बालाजी पर ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और तीन लोग घायल हो गए

जालौर जिले में कालेटी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सायर खां की हत्या में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया